सभी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित

प्रदेश के बारह जिलों में इक्यासी लाख से अधिक की आबादी प्रभावित

नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है गंडक बूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह लालबकिया सहित कई बरसाती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है इसके कारण दरभंगा पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जिले में कई नये इलाको में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है राज्य के बारह जिलों में इक्यासी लाख संतावन हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं जबकि बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में एक सौ तेईस लोगों की मौत हुई है दरभंगा जिले में सोलह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं बागमती कमला और जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है दरभंगा जिले के मब्बी प्रखंड में अधवारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से साढ़े तीन मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं खिरोई नदी बहादुरपुर प्रखंड में खतरे के निशान से लगभग दो मीटर ऊपर बह रही है हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ से लगभग चौदह लाख लोग प्रभावित हुए हैं

केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुरौल में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर दर्ज किया गया सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ की रिथति गंभीर बनी हुई है बागमती नदी का जलस्तर ढेंग सोनाखान और डुब्बाघाट में खतरे के निशान से ऊपर रिकार्ड किया गया वहीं लालबकिया नदी गोआबारी अधवारा नदी पुपरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के ट्रैक नम्बर तीन और चार पर भारी जल जमाव हो गया है जल जमाव की स्थिति को देखते हुए स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को एहतियात के तौर पर धीमी रफ्तार से चलाया जा रहा है कोसी और महानंदा नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है कोसी नदी का बलतारा में और महानंदा नदी का कटिहार के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर रिकार्ड किया गया पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री उपलब्ध कराने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया मोतिहारी सदर अंचल कार्यालय के पास स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण नहीं होने का आरोप लगाया जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में आज लिखित उत्तर में बताया कि देश में सूखे जैसी रिथति नहीं है उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में सूखे की स्थिति से निपटने के अनेक उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए समयबद्ध जलशक्ति अभियान शुरू किया गया है और गांवों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस पारित हो गया है ध्वनिमत से विधेयक को अब से थोड़ी देर पहले पारित कर दिया गया इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद देश के कई इलाकों में यह कुप्रथा जारी है उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए

अगर दुनिया के बीस से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने तीन तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता ऐसा करना चाहिए जदयू और बसपा ने विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाना है

साथ ही पीडित महिला और बच्चों को गुजारा भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है कई विपक्षी पार्टियां इस विघेयक का विरोध कर रही हैं हालांकि लोकसभा में सरकार के पास बहमत है और यहां बिल के आसानी से पास हो जाने की संभावना है लेकिन असली परीक्षा राज्यसभा में होगी जहाँ सत्ताधारी दल के पास बहुमत नहीं है और सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी इस बिल का विरोध कर रही है दिवाकर आकाशवाणी समाचार जमूई की एक अदालत ने देश विरोधी बयान देने के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुला और फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है इस मामले की अगली सुनवाई सोलह अगस्त को होगी वर्ष दो हजार सत्रह में श्री अब्दुला ने सार्वजनिक मंच से ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और बाद में ऋषि कपूर ने ट्वीट कर इस बयान का समर्थन किया था औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र अंतर्गत सतनदिया जंगल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गये हैं सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और एसटीएफ के जवानों की ओर से क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान लगभग पांच सौ चक्र गोलीबारी हुई उन्होंने बताया कि तीन नक्सलियों के शव बरामद किये गये हैं एएसपी ने बताया कि एक अन्य नक्सली के भी मारे जाने और तीन अन्य के घायल होने की भी बात सामने आ रही है वहीं घटनास्थल से एक एके सैंतालीस राइफल दो इंसास सहित सात हथियार बरामद किये गये हैं

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से बाल दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए साठ दिन के भीतर अदालतें गठित करने और विशेष वकील नियुक्त करने को कहा है न्यायालय ने निर्देश दिया कि केन्द्र की आर्थिक सहायता से उन जिलों में ये विशेष अदालतें बनाई जाएं जहां बाल दुष्कर्म रोकने संबंधी कानून पॉक्सो के अन्तर्गत एक सौ से ज्यादा मामले दर्ज हुए हों प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र को इन अदालतों में प्रशिक्षित और अनुभवी वकील नियुक्त करने होंगे

केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को आज चार साल पूरे हो गए हैं आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में बिजली नवी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्यमंत्री आरके सिंह ने कहा कि इस योजना ने अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और इसका कार्य सम्पन्न होने को है

वन कंट्री वन ग्रिड ए वन सिस्टम पूरे देश को हमने नोटीफाई कर दिया

राज्य में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने चार सौ बाईस कार्टन विदेशी शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा गांव से पुलिस ने चार सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है बाढ़ की सहायक प्रलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि मौके से छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वहीं जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशा पत्थर स्थान के पास से पुलिस ने एक वाहन से बाईस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर सभी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित

प्रदेश के बारह जिलों में इक्यासी लाख से अधिक की आबादी प्रभावित